इस का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाना है

बीते दिनों मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव आयोजित करने का आह्वान किया था इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि टीका उत्सव को जन आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा

अभियान के तहत सोलन जिले के सौ केन्द्रों में ये वैक्सीन लगाई जाएगी

चंबा अभियान चलो चम्बा अभियान के तहत चम्बा में आयोजित ब्राउन बीयर मोटर कार व बाइक रैली आज सम्पन्न होगी समापन समारोह की अध्यक्षता केन्द्रीय खेल मंत्री किरण रिजीजू करेंगे चलो चंबा अभियान का उद्देश्य चंबा ज़िले के अनछुए पर्यटन स्थलों से पर्यटकों को रूबरू करवाने और स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर सुजित करना है जिसके तहत इस मोटर कार व बाइक रैली का आयोजन किया गया है जयंती आज महान समाजसेवी विचारक दार्शनिक व लेखक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है ज्योतिबा फूले जीवनपर्यत महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनकी जयंती पर नमन करते हुए कहा कि समाज सुधार के प्रति उनकी निष्ठा आने वाली पीड़ियों को प्रेरित करती रहेगी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना से जुड़ी ख़बरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कोरोना ने तोड़े साल के रिकार्ड

नाइट डयूटी में पंप ऑपरेटर के साथ तैनात होगा सहायक शीर्षक से दैनिक जागरण ने खबर को प्रमुखता दी है एंटीबायोटिक को कच्चा माल देगा प्रदेश शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है केन्द्र सरकार ने दी प्रोजेक्ट को मंजूरी इसी खबर पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है प्रदेश में एंटीबायोटिक दवा के लिए कच्चा माल बनाएगी मुंबई की कंपनी आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है हिमाचल में पर्यटकों के आने पर कोई रोक नहीं दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है हिमाचल में सूखे के हालात नए कमर्शियल वॉटर कनैक्शन पर रोक मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल में कल से फिर बदलेगा मौसम तूफान व ओलावृष्टि की चेतावनी

नमस्कार